मौसम विभाग ने दी कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी

केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने इस उपलब्धि के लिए सभी राज्यों को बधाई दी है मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि चुनाव में हार जीत मायने नहीं रखती बल्कि जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरना जरूरी है प्रधानमंत्री ने आज समाचार एजेन्सी एएनआई को दिये एक साक्षात्कार में नोटबंदी पर पूछे गये एक सवाल के जवाब में कहा कि नोटबंदी देश के लिए झटका नहीं थी बल्कि इसने देश में चल रही समानान्तर अर्थव्यवस्था को खत्म करने का काम किया देश के आर्थिक स्वास्थ के लिए नोटबंदी जरूरी थी और इससे लोगों में बैंको के जरिए काम काज करने की इच्छा बढ़ी है जीएसटी को एक बड़ा कदम बताते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस टैक्स के जरिए देश में कई वस्तुओं पर कर समाप्त हो गया है और अधिकतर वस्तुओं पर कर की दर कम हो गई है इस साक्षात्कार के दौरान प्रधानमंत्री ने बैंको का कर्ज लेकर देश से भागने वाले लोगों कांग्रेसमुक्त भारत भाजपा चुनाव रणनीति सहित तमाम मुद्दों पर विस्तार से अपने विचार रखे खेल इकाई खेल के क्षेत्र में प्रदेश को अव्वल बनाने के लिए पंचायत स्तर पर खेल इकाइयों की स्थापना की जायेगी खेल एवं युवा कल्याण और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने आज मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद कहा कि खेलों के प्रति समाज में व्याप्त नकारात्मक मानसिकता को सकारात्मक बनाना ही हमारा लक्ष्य है उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा का मापदण्ड परंपरागत ढांचे पर निर्धारित है इसमें आधुनिक व्यवस्थाओं को जोड़ते हए बच्चों को देश की बेहतरी के लिए तैयार करना है उन्होंने कहा कि लोगों को सरकार से जो अपेक्षार्ये हैं उन्हें पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है प्लिस अवकाश पुलिस महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला ने पुलिसकर्मियों को आज से सप्ताह में एक दिन का अवकाश प्रदान करने के निर्देश दिये हैं श्री शुक्ला ने कहा यदि किसी परिस्थिति में कोई कर्मचारी अवकाश नहीं ले पाता है तो वह उसी महीने में दूसरे किसी दिन अवकाश का लाभ ले सकेगा गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुलिसकर्मियों को सप्ताह में एक दिन का अवकाश दिये जाने की घोषणा की थी राजस्व अभियान राजस्व मामलों के निराकरण के लिए आज से विशेष अभियान चलाया जा रहा है

एसडीएम तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपने अपने क्षेत्र में अभियान के दौरान ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर राजस्व प्रकरणों का निराकरण करेंगे साथ ही राजस्व निरीक्षक और पटवारियों द्वारा की जा रही गतिविधियों की मॉनीटरिंग कर उनके कार्य की समीक्षा की जायेगी अण्डरब्रिज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यातायात को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमागों पर सभी लेवल कासिंग के स्थान पर रोड ओवरब्रिज या अण्डरब्रिज बनाने की योजना तैयार की है

अधिकारिक जानकारी के अनुसार कल राजभवन में आयोजित समारोह में वे शपथ ग्रहण करेंगे गौरतलब है कि प्रदेश में नई सरकार चुने जाने के बाद विधानसभा का पहला सत्र सात जनवरी से शुरू होने वाला है

इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिलास्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को जिम्मेदारी सौपी गई है सभी विभागों से संबंधित समस्याओं का समय सीमा में निराकरण किया जायेगा उन्होंने कहा कि काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्यवाही की जायेगी वहीं सेवानिवृत्त मुख्य सचिव बसन्त प्रताप सिंह ने भी आज राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना उनका लक्ष्य है उन्होंने बताया कि चुनाव से संबंधित प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जायेगा उधर राज्य निर्वाचन आयुक्त आर परशुराम ने भोपाल के अटलबिहारी वाजपयी सुशासन संस्थान में महानिदेशक का पदभार संभाला उन्होंने कहा कि सभी विभागों का मॉडल मेन्युअल होना चाहिये और इस दिशा में संस्थान प्रभावी कदम उठायेगा

इनमें सिनेमा टिकट टेलीविजन मॉनिटर और पावर बैंक शामिल हैं

म्यूजिक बुक्स और जनधन योजना के तहत बैंक खातों को कर से छूट दी गई थी

उनमें ट्रांसमिशन शाफ्ट और क्रैंक गियर बॉक्स लिथियम बैटरी के पावर बैंक डिजिटल कैमरा वीडियो कैमरा रिकॉर्डर और वीडियो कन्सोल शामिल हैं

संगमरमर के छोटे ट्कड़ों कॉर्क वॉकिंग स्टिक और फ्लाई ऐश ब्लॉक पर भी पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा मौसम प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी है पिछले चौबीस घण्टों के दौरान प्रदेश के रीवा शहडोल जबलपुर सागर ग्वालियर और होशंगाबाद संभागों में शीतलहर का प्रभाव रहा सबसे कम न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस उमरिया मण्डला और नौगांव में दर्ज किया गया भोपाल में कल तापमान आठ डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घण्टों के दौरान प्रदेश के रीवा सीधी सिंगरौली छिंदवाड़ा मण्डला बालाघाट छतरपुर बैतूल दतिया ग्वालियर भिण्ड और मुरैना जिलों में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना जताई है नववर्ष प्रदेश में नए साल के मौके पर धार्मिक स्थलों पर्यटन स्थलों और बाजारों में आज दिन भर भीड़ बनी रही राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के सभी बड़े शहरों में लोग अपने परिवार के साथ मंदिरों और बाजारों में नजर आये नये साल के चलते मंदिरों और बाजारों को विशेष रूप से सजाया गया था

घायलों का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है वहीं सिवनी जिले के बंडोल थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया